प्रदेश में प्रधान पाठकों के रिक्त पदों के साथ ही प्रशासनिक पदों पर भी शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा राज्य में अब वाहन दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति का ड्रायविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा

गृह मंत्रालय भीड़ हिंसा केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर बच्चे उठाने की अफवाह फैलाकर भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या करने की घटनाओं को रोकने के कदम उठाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें ऐसी अफवाहों पर नजर रखने और उनसे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है साथ ही जिला प्रशासनों को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और लोगों में आपसी भरोसा कायम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चों को उठाने और अपहरण करने की शिकायतों की समुचित जांच की जाए ताकि पीड़ित व्यक्तियों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ सके केंद्रीय मंत्री रायप्र केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने कहा है धान सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का केंद्र सरकार का फैसला वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम है आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के किसान बहत ख्श हैं उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं जिसके कारण अब नौजवान खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग अब कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान का सरकारी खरीद मुल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है साथ ही चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में भी वृद्वि की गई है जिसमें कपास अरहर मूंग आदि शामिल हैं विस सुपेबेडा विधानसभा में आज गरियाबंद जिले के सुपबेड़ा में कथित रूप से किडनी की बीमारी से हो रही मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने जमकर हंगामा किया इसी मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते हुए गर्भग्रह में पहुंचने वाले कांग्रेस के छब्बीस विधायक सदन से स्वमेव निलंबित हो गए हालांकि बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उनका निलंबन रद्द कर दिया इससे पहले शून्यकाल में विपक्ष ने सुपेबेड़ा का मुद्दा उठाते हुए इस पर स्थगन प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराए जाने की मांग की कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है ग्रामीण अपनी जमीन बेचकर अपना इलाज कराने पर मजबूर हैं नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव ने कहा कि गांव में किडनी की बीमारी से अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कांग्रेस के अरुण वोरा ने कहा कि इसे राजकीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने बताया कि सुपेबेड़ा के ग्रामीणों के रक्त में यूरिया और क्रिएटिन की मात्रा अधिक पाई जा रही है इसकी जांच की जा रही है मंत्री ने बताया कि गांव के नलकूपों में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है सरकार की ओर से हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया साथ ही ग्रामीणों के रक्त के नमूनों की भी जांच कराई गई है

श्री कश्यप ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रदेश के जिन स्कूलों में प्रधान पाठकों के पद रिक्त हैं वहां शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी इसके अलावा शिक्षाकमियों को प्रशासनिक पदों की भी जिम्मेदारी दी जाएगी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द व्यवस्था कर ली जाएगी श्री कश्यप ने कहा कि फिलहाल शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया शुरू हई हैं जितने भी प्रधान पाठक और प्रशासनिक पद रिक्त हैं उन सभी पदों की पूर्ति नियमों के अनुसार की जाएगी वर्ग तीन शिक्षाकर्मी हड़ताल वर्ग तीन के शिक्षाकर्मियों ने आज अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया ये शिक्षाकर्मी संविलियन में आठ साल का बंधन समाप्त करने और वर्ग तीन के शिक्षाकर्मियों को समानुपातिक वेतनमान देने के साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं

विधानसभा अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार ने आठ हजार करोड़ रूपए से शुरूआत करते हुए अपने बजट को दस खरब रूपए के मुहाने पर लाकर खड़ा करने की उपलब्धि हासिल की है जो प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय है समाज के हर वर्ग के सहयोग से सरकार ने अपने बजट के इस सफर को तय किया है मुख्यमंत्री कल विधानसभा में राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह अनुपूरक बजट इस बात का सुखद संकेत है कि छत्तीसगढ़ भी देश के एक लाख करोड़ रूपए से ज्यादा बजट वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा मूणत सड़क सुरक्षा प्रदेश में अब वाहन दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति का ड्रायविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा इसके अलावा ओव्हर लोडिंग वाहनों का परमिट निरस्त करने के साथ ही उसके चालक का ड्रायविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा परिवहन मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में कल रायपूर में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए श्री मूणत ने इस दौरान लोक निर्माण विभाग और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय विभाग को सड़क मार्गों के गति नियंत्रकों पर संकेतक के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए मीडिया इकाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय की छत्तीसगढ़ में स्थित मीडिया इकाईयों के विभिन्न कार्यालय आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद के छोटापारा स्थित पुराने भवन में स्थानांतरित हो गए हैं आज शाम मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज पिंगुआ ने एकीकृत कार्यालय भवन का शुभारंभ किया इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक आरएन मिश्रा सहित विभिन्न मीडिया इकाईयों के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे नये कार्यालय भवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रीजनल आऊटरीच ब्यूरो और आरएनआई का स्थानीय कार्यालय संचालित होंगे नवीन कार्यालय भवन का शुभारंभ करते हए श्री पिंगुआ ने कहा कि मंत्रालय की विभिन्न इकाईयों के एक ही छत के नीचे आ जाने से प्रचार प्रसार अभियान अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सकेगा गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तीन मीडिया इकाईयों क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय डीए वीपी और गीत तथा नाटक प्रभाग को समाहित कर रीजनल आऊटरीच ब्यूरो का गठन किया है यह ब्यूरो सरकार की नीतियों और योजनाओं का मैदानी स्तर पर संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार करेंगे मौसम प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है साथ ही अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दुर्ग सुकमा बस्तर बीजापुर सरगुजा बलरामपुर सहित अनेक जिलों में बारिश हुई

हवाई सेवा शुरू करने में हो रहे विलंब को लेकर दायर एक याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारी बताएं कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए क्या क्या काम बचा है और कंब तक सेवा शुरू की जा सकेगी

संक्षिप्त समाचार प्रदेश के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके लिए पहल शुरू करने के निर्देश दिए हैं रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र के विजयनगर गांव में आज आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई